किसानों को सशक्त करने की दिशा में दो महत्वपूर्ण कृषि विधेयक संसद से पारित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा राज्य में औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जायेगा

विधानसभा राज्य विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण सत्र केवल एक दिन तक सीमित है विधायकों के कार्रवाही में ऑनलाईन भाग लेने के लिए सभी जिलों में व्यवस्था की गई है

लोकसभा के बाद कल राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच विधेयक पारित कर दिये गये सदन ने विधेयकों को प्रवर समिति को सौंपने के विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को भी अस्वीकार कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि सुधारों से संबंधित दो विधेयकों के पारित होने पर कहा कि यह भारतीय कृषि के इतिहास में क्रांतिकारी क्षण है वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक किसानों को सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है वहीं राज्य सभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि विपक्षी सदस्यों का हंगामा द्रखद और शर्मनाक है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति दी जायेगी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिलाने के लिए छोटी औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित किया जायेगा उन्होंने कल आगरमालवा जिले के बड़ौद में कृषि उपज मंडी के निर्माण कार्यो के भूमिप्जन के अवसर पर कहा है कि आगर बडौद नलखेड़ा और सुसनेर में औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर चिंतित है और उनकी फसल को हुए नुकसान की भरपाई बीमा राशि और मुआवजा देकर की जायेगी मुख्यमंत्री ने महिदपुर तहसील में क्षिप्रा नदी पर पूल निर्माण का लोकार्पण किया इन्दौख बैराज परियोजना का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसानों के खेतों में सिंचाई के साथ ही पेयजल भी उपलब्ध हो सकेगा मुख्यमंत्री ने मंदसौर जिले में कयामपुर लघु सिंचाई परियोजना और सेदरा करनाली तालाब को मंजूरी दी और विभिन्न कार्यो का लोकार्पण किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई योजनाओं से किसानों की उपज में वृद्धि होगी

लोग अपने विचार नमो एप या माइजीओवी ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं

आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेंडियम में डेल्ही कैपिटल्स ने सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब को हरा दिया

इसकी वजह से सुपर ओवर खेलना पड़ा सुपर ओवर में किंग्स इलेवन पंजाब मात्र दो रन ही बना पाई डेल्ही कैपिटल्स ने तीन रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया आज दुबई में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चौलेंजर्स बंगलुरू से होगा

इस दौरान ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकेगी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल राजेंद्र कुमार वानी ने इस का सर्कुलर जारी किया है जिसमें साफ किया गया है कि महत्वपूर्ण मामलों की ई फाइलिंग के साथ फिजिकल फाइलिंग भी की जा सकती है पूर्व में कोराना काल में सिर्फ ई फाइलिंग की सुविधा दी गई थी लेकिन ई फाइलिंग में तकनीकी परेशानी आने की शिकायतें सामने आने लगी

जिसमें मॉस्क न पहनने वालों से तत्काल जुर्माने की वसूली की जा रही है

वहीं उमेश जोगा रीवा जोन के पुलिस महानिरीक्षक होंगे अभी तक इन्दौर के आईजी विवेक शर्मा को पुलिस मुख्यालय भोपाल और रीवा के आईजी चंचल शेखर को विशेष सशस्त्र बल जबलपुर पदस्थ किया गया है